पटना में संक्रमितों का आंकड़ा आठ हजार आठ सौ बासठ पर पहुंचा

राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गयी है कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने के बाद छियालीस लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं राज्य के चौदह जिलों के एक सौ दस प्रखंडों में एक सौ बारह पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार लगभग चार लाख फंसे हुए लोगों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षित निकाला जा चुका है राहत और बचाव कार्य के लिए दोनों आपदा राहत मोचन बल की तीस टीमें काम कर रहीं हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगभग बारह सौ सामुदायिक रसोई घर बनाये गये हैं बाढ़ से दरभंगा जिले में सोलह लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं वहीं मुजफ्फरपुर में बारह लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में हैं सीतामढ़ी शिवहर सुपौल किशनगंज गोपालगंज खगड़िया सारण समस्तीपुर सिवान पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में बाढ़ से कच्चे घरों सड़कों पुल पुलियों और फसल को भारी क्षति पहुंची है ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार बाढ़ से दो हजार सात सौ तीन सड़कों को क्षति हुई है इनका तेजी से मरम्मत किया जा रहा है सीतामढ़ी सारण समस्तीपुर गोपालगंज और मुजफ्फरपूर के कई नये इलाके बाढ़ की चपेट में आ गये हैं दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज कर दिये गये हैं जिन इलाकों में सुरक्षा बांध टूटने की घटनाएं हुई है उसे दुरूस्त किया जा रहा है

जिले में लगभग बारह लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं

इसके मद्देनजर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण गोपालगंज सारण और मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने की आशंका है सारण जिले में पानापुर तरैया और आसपास के कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी फैल गया है सारण जिले में छपरा को मुजफ्फरपुर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सात सौ बाईस पर बाढ़ का पानी फैल गया है मकेर प्रखंड में चकिया फुलवरिया नहर के पास कई स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है मशरख के पास पानापुर में एक सड़क पुल तेज कटाव के कारण बह गया जिले में लगभग तीन लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं इधर समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन लगतार नौवें दिन ठप है इस रेलखंड पर तीन रेल पुलों को बाढ़ का पानी छू रहा है इस मार्ग से चलने वाली रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है वहीं राज्य के उत्तर पश्चिम और पूर्वी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अभी मॉनसून सक्रिय है जिसके चलते आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है मौसम विभाग ने कहा है कि जून और जुलाई महीने में सामान्य से पैंतालीस प्रतिशत अधिक बारिश हुई है प्रदेश के गोपालगंज सारण शिवहर और सुपौल जिले में पिछले चौबीस घंटों के दौरान सत्रह लोगों की ड्रबकर मौत हो गयी गोपालगंज जिले के जादोपुर और बैकुंडपुर थाना क्षेत्र इलाकों में अलग अलग नौका दुर्घटनाओं में छह बच्चों सेहित आठ लोगों की मौत हो गयी इधर प्रदेश में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं और अन्य हादसों में अब तक एक सौ तैंतालीस लोगों की मृत्यु हुई है कृषि मंत्रालय ने कहा है कि चालू खरीफ मौसम के दौरान आठ सौ बयासी लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का कार्य पूरा हो चुका है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में सात सौ चौहत्तर लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई थी मंत्रालय ने बताया है कि कोविड उन्नीस महामारी के दौरान खेत के स्तर पर किसानों और कृषि गतिवधियों में सहायता पहुंचाने के लिए सरकार अनेक उपाय कर रही है मंत्रालय के अनुसार दो सौ छियासठ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई की गई है बिहार विधानमंडल का प्रस्तावित चार दिवसीय मॉनसून सत्र अब केवल एक दिन का ही होगा सत्र का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में तीन अगस्त से छह अगस्त तक प्रस्तावित था लेकिन कल विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में कोरोना संकट को देखते हुये इसे संक्षिप्त कर एक दिन का ही करने पर सहमति बनी कोविड उन्नीस के संक्रमण के चलते इस बार यह सत्र विधान मंडल परिसर से बाहर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया जायेगा यहां सोशल डिस्टेंसिंग की पर्याप्त व्यवस्था रहने के कारण सत्र का आयोजन किया जा रहा है विधान मंडल के इतिहास में पहली बार विधान मंडल सत्र का आयोजन सदन से बाहर किया जा रहा है विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि सदस्यों को सत्र के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा और कोविड उन्नीस नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रोटोकोल का पालन किया जायेगा उन्होंने कहा कि सदस्यों के लिए सत्र के दौरान बाहर कोविड जांच के लिए रैपिड एंटीजेन टेस्ट की व्यवस्था रहेगी सोलहवीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र होगा इस संक्षिप्त सत्र में वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा और अन्य विधायी कार्य निपटाये जायेंगे प्रदेश में आज से सोलह दिनों का लॉकडाउन फिर से लागू हो गया है इसके तहत शहरी इलाकों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी एक से सोलह अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे सभी प्रकार के धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा सिनेमाघर मॉल जिम स्विमिंग पुल बंद रहेंगे फल सब्जी मांस मछली की बिक्री को सुबह छह बजे से ग्यारह बजे तक और शाम में तीन बजे से छह बजे तक ही अनुमति दी गयी है वहीं दवा किराना और दूध के दुकान सुबह छह बजे से रात दस बजे तक ख़ुले रहेंगे

इस दौरान आवश्यक कार्य को छोड़कर अन्य कार्य के लिये बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है शहर और राज्य में चलने वाली सार्वजनिक बसें बंद रहेंगी दिशा निर्देश के अनुसार टैक्सी ऑटो सरकारी और निजी कार्यालय की गाड़ियों को प्रतिबंध से छूट दी गयी है अस्पताल डिस्पेंशरी दवा दुकान क्लीनिक नर्सिंग होम की गाड़ियों और एम्बुलेंस परिचालन पर कोई रोक नहीं है इसके अलावा सरकारी और निजी कार्यालयों को पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गयी है पटना जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में शहर की सभी दुकानों और शॉपिंग तथा मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी है ये सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक खुले रहेंगे लोगों के लिये खरीदारी के समय और कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य है सोशल डिस्टेंस का पालन करने के अलावा सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में दुकानदारों को अपने ग्राहकों को साबुन और सैनिटाइजर के उपयोग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने को कहा गया है कंटेनमेंट जोन में दुकानों को खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमण की संख्या लगभग इक्यावन हजार हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जांच रिपोर्ट में प्रदेश के तीस जिलों से दो हजार नौ सौ छियासी नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक पांच सौ पैंतीस मामले पटना जिले से सामने आये हैं वहीं रोहतास जिले से एक सौ छप्पन नालंदा से एक सौ छियालीस गया जिले से एक सौ छब्बीस और मुजफ्फरपुर जिले से एक सौ पच्चीस मामलों की पुष्टि हुई है एक सौ तेईस मामलों की पुष्टि वैशाली जिले से जबकि एक सौ बाईस मामलों की मध्ुबनी जिले से हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक दो सौ अंठानवे लोगों की इस महामारी से मृत्यु हो चुकी है वहीं तैंतीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत बढ़कर छियासठ हो गया है राज्य सरकार के निर्देश के बाद जांच में तेजी आयी है और अब प्रतिदिन बीस हजार से अधिक सैंपल की जांच हो रही है इधर पटना जिले में कोविड उन्नीस मामलों की संख्या राज्य में सबसे अधिक हो गयी है अभी तक आठ हजार छह सौ बासठ लोग महामारी से संक्रमित हुए हैं जबकि चार हजार आठ सौ अंठावन लोग स्वस्थ हो चुके हैं इस महामारी से जिले में अब तक पैंतालीस लोगी की मौत हुई है कोविड उन्नीस महामारी को देखते हुये राज्य सरकार ने सभी तरह की जानकारी देने वाला एक विशेष मोबाइल एप तैयार किया है इसका लोकार्पण आज किया जायेगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि इस एप के माध्यम से कोविड अस्पतालों में जांच के लिये निबंधन आस पड़ोस के अस्पतालों और टेस्टिंग रिपोर्ट की जानकारी मिलेगी प्रत्यय अमृत ने बताया कि इसके अलावा होम आइसोलेशन और कोविड उन्नीस से बचाव के बारे में भी जानकारी मिलेगी मख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी जिलों में वेंटिलेटर से लैस आईसीयू की व्यवस्था करने का निर्देश अधिकारियों को दिये हैं मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड महामारी की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की श्री कुमार ने जिलों में एम्बुलेंस की समूचित व्यवस्था करने को कहा ताकि मरीजों को सही समय पर इलाज के लिये कोविड केंद्रों तक पहुंचाया जा सके

ईद उल अजहा ईश्वर के प्रति अपनी आस्था दर्शाने के लिए पैगम्बर इब्राहीम की अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा व्यक्त करने की घटना की याद में मनाया जाता है कोविड उन्नीस के चलते ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में ही ईद उल अजहा की नमाज अदा की सुरक्षा के मद्देनजर सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई एहतियात बरतते हुये लोग एक दूसरे को बकरीद की शुभकामनाएं दे रहे हैं इधर पर्व को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी गयी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद उल अजहा के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई तथा शुभकामनायें दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में सभी की खुशहाली समाज में शांति और सभी की उन्नति की कामना की है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि यह पर्व सच्चाई की राह पर चलते हुये हर तरह की कुर्बानी देने की प्रेरणा देता है मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से पारंपरिक सौहार्द के माहौल में यह पर्व मनाने की अपील की है प्रदेश में छठी से आठवीं कक्षा तक नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति के लिये छब्बीस हजार आठ सौ ग्यारह शिक्षकों की मेधा सूची इस माह तैयार हो जायेगी इसके लिये शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है नगर निकाय क्षेत्र में नियोजन पत्र पच्चीस और छब्बीस अगस्त को जबकि जिला परिषद स्तर पर सत्ताईस और अठाईस अगस्त को बांटे जायेंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज ज्यादातर अखबारों ने प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लागू होने को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है इसके अलावा बाढ़ की स्थिति गंभीर होने को भी सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है पटना में आज से सभी दुकानें खुलेंगी मॉल सिनेमाघर बंद रहेंगे दैनिक भास्कर ने प्रदेश में कोविड उन्नीस से संबंधित खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है अखबार लिखता है प्रदेश में कोविड उन्नीस का आंकड़ा पचास हजार के पार दैनिक आज ने अपने पहले पन्ने पर शीर्षक लगाया है कोरोना वैक्सीन की रेस में भारत प्रभात खबर ने महात्मा गांधी सेतु के पश्चिमी लेन शुरू होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपुत आत्महत्या मामले की जांच को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है अखबार का शीर्षक है सुशांत की मौत के मामले में रिया पर मनी लॉड्रिंग का केस और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है

पटना में संक्रमितों का आंकड़ा आठ हजार आठ सौ बासठ पर पहुंचा